मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में कोरोन वायरस के संकमण से बचाव के लिए सभी का सहयोग जरूरी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग संकमण छुपा रहे हैं वे अपनी मौत को दावत दे रहे हैं उन्होंने ऐसे लोगों हाथ जोड़कर जांच करवाने की अपील की है

उन्हें व्यवस्था देने की तैयारी चल रही है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आज नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरूआत की सप्ताहि भर चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के उद्देश्यी से शुरू किया गया है श्री निशंक ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत तमाम प्रतिभाओं को ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है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

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हर नागरिक को जागरुक और सतर्क रहने की आवश्यकता है

रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पिछले दो दिनों के दौरान ट्रेनों के संभावित परिचालन को लेकर मीडिया में कुछ रिपोर्ट आयी है जिसमें दी गई तिथि से शुरू होने वाली ट्रेनों की संख्या का भी उल्लेख हैं मंत्रालय की ओर से आग्रह किया गया है कि परिचालन मामलों में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और ऐसे मामलों पर अपरिपक्व रिपोर्टिंग से बचे और अनावश्यक अटकलें ना पैदा करें यह भी जानकारी दी गयी है कि लॉकडाउन के बाद की रेल यात्रा के लिए रेलवे द्वारा सुचना जारी कर दी जाएगी राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि राज्य के बाहर रह रहे लोगों के परिजनों को यहां किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी श्रीमती मांझी आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर इलाके में मील्स ऑन व्हील्स की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गरीब और असहाय लोगों को सरकार प्रशासन की मदद से हर संभव सहायता पहुंचा रही है और उन्हें ताजा व गर्म खाना उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है इसी के तहत मील्स ऑन व्हील्स जैसी पहल की गई है एक सवाल के जवाब में श्रीमती मांझी ने कहा कि जो लोग लॉक डाउन की अवधि में राज्य से बाहर हैं वे वहीं रहकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं रही बात उनके परिजनों की तो उन्हें यहां किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है

यह मामला हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक बड़ी बाजार एवं यूनियन बैंक की शाखा से जुड़ा है बताया गया है कि दोनों बैंक की शाखाओं में मोहम्मद इफ्तेखार और नूर हसन के नाम से दो खाता खोला गया है वेबसाइट पर इन दो खातों का नंबर जारी कर लोगों से कोरोना से लड़ने के लिए राशि दान में देने की अपील की गई थी

उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक के प्रबंधकों ने अलग अलग आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है मो इफ्तेखार और नूर हसन को पुलिस ने जेल भेज दिया है

इनमें सभी को अस्पताल में जाँच के बाद विभिन्न क्वरेंटाइन केंद्रों में रखा जा रहा है

राज्य में कोरोना संकमण के चौदह मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है रांची के हिन्दपीढ़ी बोकारो जिले के तेलो गांव और हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के जिस गांव से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उन उन सभी इलाकों को पूरी तरह से सील कर घर घर जांच चलाया जा रहा है लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में विभिन्न जिलों में लगातार प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएसन जेडीए के एक षिष्टमंडल ने आज मुलाकात की और संकट की इस घडी में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया एसोसिएषन की ओर से एक लाख रुपये की सहयोग राषि आपदा प्रबंधन कोष में भी दी इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉल के मध्यम से क्वारंटाइन में रह रहे चिकित्सकों से भी बात की और उनका मनोबल बढ़ाया

दुनिया में कोरोना महामारी के फैलाव को देखते हुए लातेहार के सिविल सर्जन डॉ शिव पुजन शर्मा ने जिलेवासियों से लॉक डाउन का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि घर में रह कर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर के ही सुरक्षित रहा जा सकता है कोरोना वायरस जैसी महामारी के संक्रमण से बचाव और संचारी रोगों से बचाव एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को दुरूस्त करने को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाई है ताकि पलामू वासियों को संक्रमण से बचाया जा सके

पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना अंतर्गत बीएमसी ग्राउंड के पास आज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अपराधी को गिरफ़तार कर लिया